प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा कियें उन्होंने कहा कि जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं

इससे पहले उन्होंने भारतीय टीम के आस्ट्रेलिया दौरे की तारीफ की और कहा कि हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए आस्ट्रेलिया में सीरीज जीती प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है

हमें आने वाले समय को नयी आशा और नवीनता से भरना है उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है श्री मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है वैसे ही अब हमारा टीकाकरण कार्यक्रम भी द्निया में एक मिसाल बन रहा है

ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटनाओं को सामने लाएं जिनकी चर्चा नहीं हुई उन्होंने देश के युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने का भी अनुरोध किया श्री मोदी ने कहा कि हम पर्यावरण बचाकर कमाई के साथ संस्कृति की भी रक्षा कर सकते हैं उन्होंने कहा कि देश के युवा खेती की ओर जा रहे हैं जो बदलाव का प्रतीक है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में दुमका जिले में पढ़ाई लिए डुमरधर विद्यालय के शिक्षकों के अनूठे प्रयास की सराहना करने पर जिले वासियों में हर्ष का माहौल है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल एक देशमलव पांच सात प्रतिशत है

मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार चार प्रतिशत है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है

जबकि राज्य में कोरोना से रांची जिले से एक मरीज की मौत हुई है

दो जिले लोहरदगा और हजारीबाग में टीकाकरण नहीं हुआ

यह कार्यक्रम उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम ने आयोजित किया है

यह पत्रिका भारत की प्राचीन अध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरूआत की

लेकिन सत्र के दौरान आवश्यक विधायी तथा अन्य कार्यों को भी लिया जाएगा श्री जोशी ने बताया कि अंतर सत्रावधि में घोषित अध्यादेशों के स्थान पर चार विधेयकों को संसद के दोबारा आहूत होने के छह हफ्तों के अंदर संसद के अधिनियम के रूप में अधिनियमित होने की आवश्यकता होगी

इस कार्यक्रम में बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों का गहन विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन बजट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार भी मुख्य रूप से प्रसारित होंगे

केन्द्र सरकार ने जनजातीय समूहों को वन उपज का उचित मूल्य और पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना बनाई है

इन वस्तुओं में तसर रेशम कीट सूखा सेव बाँस मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं

इसका उद्देश्य वंचित जनजातीय लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनके सशक्तीकरण में सहायता करना है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देशभर के सिनेमा हॉलों के लिए फरवरी माह से पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित करने को कहा गया है श्री जावडेकर ने कहा कि सिनेमा के दो शो के बीच पर्याप्त अंतराल रखना होगा तथा स्वच्छता और सेनिटाइजेशन के तय मानकों को पूरा करना होगा रांची रेल मंडल ट्रेनों के परिचालन और सुरक्षा देने में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में पहले स्थान पर रहा है इस उपलब्धि के लिए दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय की ओर से रांची रेल मंडल को पांच श्रेणियों में प्रस्कृत किया जायेगा

मंडल के उप महाप्रबंधक आर शर्मा ने बताया कि जिन पांच श्रेणियों में पुरस्कार दिये जायेंगे उनमें बेस्ट केप्ट स्टेशन शील्ड बेस्ट सिक्यूरिटी शील्ड आउटस्टैंडिंग रिकवरी शील्ड पंक्चुअलिटी शील्ड और बेस्ट कोचिंग डिपो शील्ड शामिल है

रांची नयी दिल्ली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन पांच फरवरी से अगले आदेश तक सप्ताह में तीन दिन सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को रांची से चलेगी वहीं हटिया पूणे स्पेशल ट्रेन पांच फरवरी से अगले आदेश तक सप्ताह में दो दिन सोमवार और शुक्वार को हटिया से चलेगी

इसके आधार पर चयनित टीम चंडीगढ़ जाएगी